सार्वजनिक तालाबों को भी कराया जायेगा मुक्त

जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को किया अलर्ट

निगरानी अन्वेषण ब्यूरों ने पटना हाई कोर्ट के रजिस्टार की सूचना पर दरभंगा के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय पर भ्रष्टाचार के मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है निगरानी विभाग ने आरोप के खिलाफ लगभग एक करोड़ से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है बिहार में किसी भी न्यायिक दंडाधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का यह पहला मामला है प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा से गंगा सहित उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा से कोसी बागमती सहित कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी है जल संसाधन विभाग ने बाढ़ कार्य से जुड़े सभी अभियंताओं को अलर्ट कर दिया है और साथ ही तटबंधों पर लगातार निगरानी का निर्देश दिया है शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर डूबा घाट में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है मुजफ्फरपुर में औराई के बेनीपुर के पास रिंग बांध ट्रटने से कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है कटिहार जिले से होकर गुजरने वाली सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है जिले के बरनडी नदी के जलस्तर में पच्चीस सेंटी मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है खगड़िया जिले में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में भी पचास सेंटी मीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है उधर रोहतास जिले के अमझौर स्थित तुतराही वाटर फॉल में आयी अचानक बाढ़ के कारण तृतला धाम पहुंचे श्रद्धालु बाढ़ के पानी में घिर गये प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से इन सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंच दिया गया पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तेरह जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं वहीं राजधानी के निचले इलाकों में जल जमाव से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में तिरानवे दशमलव छह मिली मीटर वर्षा रिकार्ड की गयी इसके साथ ही तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में तालाबों आहर और पइन के जीर्णोद्वार के लिए अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि जो तालाब भर गये हैं उनकी उड़ाही करायी जायेगी साथ ही सार्वजनिक तालाबों को भी कब्जे से मुक्त कराया जायेगा मुख्यमंत्री ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में भू जलस्तर अभी नीचे नहीं गया है परन्तु गिरते जलस्तर को रोका नहीं गया तो भविष्य में पेयजल की भी समस्या हो सकती है उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना का कार्य पन्द्रह अगस्त दो हजार बीस के पहले पूरा कर लिया जायेगा एईएस यानि संदिग्ध बुखार से सर्वाधिक प्रभावित मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी मीनापुर और कांटी में आयुष्मान भारत अभियान चलाया जायेगा इस अभियान के तहत लाभुकों को स्वास्थ्य बीमा करते हुए उन्हें गोल्डन कार्ड दिया जायेगा बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने इसकी जबावदेही बसुधा केन्द्र और आशा कार्यकर्ताओं को दी है इधर बीमारी से पीड़ित अठारह बच्चों का इलाज अभी श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है इनमें छह की स्थिति गंभीर है राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों और सरकारी भूमि पर बसे परिवारों को आवास उपलब्ध करायेगी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मूख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आवास आवंटित करने के लिए निकाय क्षेत्र और उसके आस पास की जमीन को चिन्हित करने को कहा है इस योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों में वर्ष दो हजार बाईस तक लाभुकों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद तीन बजे यह मुकाबला शुरू होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल एफ एम रेनबो और राजधानी चैनल तथा आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल पर दोपहर बाद दो बजकर तीस मिनट से प्रसारित किया जायेगा वहीं ग्यारह जुलाई को द्रसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा विश्व कप का फाइनल चौदह जुलाई को लॉडर्स में खेला जायेगा पटना में ग्यारह से चौदह जुलाई तक छियासठवीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी चैम्पियनशिप का आयोजन किया जायेगा रेलवे ने पटना से नई दिल्ली के बीच मरीजों के लिए ट्रेन एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध करायेगा पटना से यह सुविधा एयर एम्बुलेंस सेवा देने वाली लाईफ लाईन एयर एंड ट्रेन एजेंसी ने शुरू की है आधार के दुरूपयोग पर अब निजी डाटा की सुरक्षा पुख्ता करने के उपायों और इसके दुरूपयोग पर तीन वर्ष की कैदी और एक करोड़ रूप्ये के ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है शिक्षा विभाग की जांच में पाया गया है कि छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर दलालों ने करीब तीन करोड़ रूपये हड़प लिये इस खुलासे के बाद बिहार सरकार ने उन्हीं संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को योजना का लाभ देने का निर्णय किया है जो यूजीसी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक द्वारा सत्यापित स्थानों की रैकिंग सूची में शामिल हो पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग की तिरसठवीं और चौसठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा दो हजार बीस के लिए अब पन्द्रह जुलाई और मैट्रिक परीक्षा के लिए सत्रह जुलाई तक ऑन लाईन फार्म भरे जायेंगे इससे पहले अंतिम तिथि आठ और दस जुलाई निर्धारित थी पटना के दानापुर में शादी समारोह में जयमाला के दौरान फायरिंग में गोली लगने से दूल्हे की मौत हो गयी जबकि उसका भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया पूर्व रेलवे के भागलपुर और जमालपुर स्टेशन पर घटिया ब्रांड के बोतलबंद पानी बेचने के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने सत्रह अवैध वेंडरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में धनौती नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी शिवहर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तरियानी थाने के काटा बाजार चौक से सात सौ छियालीस बोतल विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा राज्य के सभी मेडिकल आयुर्वेद और यूनानी संस्थान होंगे इसके अधीन दैनिक जागरण की सुर्खी है दस और ग्यारह जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना प्रभात खबर लिखता है बिहार में पहली बार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ डीए केस दैनिक भागस्कर का शीर्षक है स्टूडेंट क्रोडिट कार्ड में दलालों की सेंध तीन करोड़ हड़पे चार हजार एक सौ छात्रों को फंसाया आज अखबार का शीर्षक है आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज पहली बार भिड़ेंगे भारत न्यूजीलैंड

सार्वजनिक तालाबों को भी कराया जायेगा मुक्त

जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को किया अलर्ट